प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई की अव्यक्षता वाली पीठ एक गैर सरकारी संगठन की इस दलील से सहमत नहीं थी कि ईवीएम का द्रूपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वैश्वीकरण तभी सार्थक होगा जब अंतर्राष्ट्रीय निगमों से लेकर स्थानीय समुदायों तक के लिए मददगार हो राष्ट्रपति आज सिडनी में भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे हमारे संवाददाता ने बताया कि बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि भारत अपने सहयोगी देशों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियों को काफी लचीला बना रहा है इतना ही नहीं व्यापार और कारोबार को सुगम बनाने के लिए सरकार वचनबद्व भी है ताकि निवेशकों को कोई परेशानी न हो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन ने अपने संबोधन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार को गति मिलनी चाहिए क्यॉकि निवेश से दोनों देशों को फायदा होगा बढ़ते रिश्ते इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसके बेहतर नतीजे सामने आएंगे और दोनों देशों को आर्थिक फायदा भी होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली से देश के एक सौ उन्तीस जिलों में नगर गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रख रहे है इससे देश के छबीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की लगभग आधी आबादी को सुविधाजनक पर्यावरण अनुकूल और सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो पाएगी श्री मोदी लगभग बासठ शहरों में नगर गैस नेटवर्क कार्य की आधारशिला भी रखेंगे इस दौरान प्रधानमंत्री चौदह राज्यों के एक सौ चौबीस जिलों में नगर गैस परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया का शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम के जरिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम में मिशन इन्द्रधनुष पर अपने विचार साझा किये थे ये मिशन पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया इक्कतीस अक्टूबर दो हजार सोलह को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि मिशन इंद्रधन्ष एक टीकाकरण कार्यक्रम है जिसके तहत वैसे बच्चों का टीकाकरण किया जाता है जो पिछले अभियान के दौरान छूट गए हैं ताकि उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके सरकार की तरफ से टीकाकरण तो होता ही है लेकिन फिर भी लाखों बच्चें टीकाकरण से छूट जाते हैं बीमारी के शिकार हो जाते हैं मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का एक ऐसा अभियान जो छूट गए हुए बच्चों को भी समेटने के लिए लगा है जो बच्चों को गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए ताकत देता है आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव मनोज झालानी ने कहा कि मिशन इंद्रधन्ष एक सौ नबे जिलों में है जिसमें टीकाकरण का दायरा काफी बड़ा है इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस वर्ष के अंत तक नबे प्रतिशत बच्चों को पूर्ण टीकाकरण के दायरे में लाना है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार मेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं

ओपन फोरम भारत और विदेशी फिल्म निर्माताओं अभिनेतओं ज्यूरी के सदस्यों वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और फिल्म महोत्सव आयोजनकर्ताओं को स्वतंत्र और स्पष्ट तरीके से अपने विचार साझा करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है आज का विषय है फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने में फिल्मोत्सव की भूमिका और देश भर में फिल्म महोत्सव के आयोजन की आवश्यकता कालीन नगरी भदोही को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलंस का दर्जा देने से भदोही के कालीन निर्यातको सहित जनता ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय कालीन की पूरी दुनिया मे हिस्सेदारी तीस फीसदी से बढ़ाकर दो हजार बाईस तक पचास फीसदी करने की घोषणा से दुनिया में कालीन की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है भदोही से तीन हजार करोड़ का कालीन निर्यात में किया जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा कालीन निर्यात भारत से किया जाता है